मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने अधिकारियों को विकास परियोजनाएं तय समय के भीतर प्ररा करने के निर्देश दिए हैं ताकि समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को इनका लाभ मिल सकें

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी विकास प्राथमिकताओं की फिर से योजना तैयार करने पर विवश कर दिया है जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को मैडिकल कॉलेज नेरचौक को आपातकालीन चिकित्सा मामलों को देखने के भी निर्देश दिए इससे पहले मुख्यमंत्री ने कांगनीधार में निर्माणाधीन संस्कृति सदन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इसका निर्माण तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए जयराम इस बीच मुख्यमंत्री ने मंडी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि सरकार चीन की हरकतों को लेकर पूरी तरह से सजग है और किसी प्रकार की घुसपैठ को बर्दाशत नहीं किया जाएगा हमारे मंडी ज़िला संवाददाता मुनीश सूद ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री ने मंडी शहर को नगर निगम का दर्जा देने के संबंध में विधानसभा के मॉनसून सत्र में चर्चा के बाद निर्णय लेने की बात कही कैबिनेट फैसले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को मंजूरी प्रदान की यह कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण का आधार होगा ताकि वे विश्वभर से उत्कृष्ट कार्य पद्वतियां सीखते हुए भारतीय संस्कृति से भी निरंतर जुड़े रहें सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कर्मयोगी योजना मानव संसाधन विकास की दिशा में सरकार की सबसे बड़ी पहल होगी उन्होंने कहा कि इसका उदेश्य ऐसे अधिकारी व कर्मचारी पैदा करना है जो लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतर सकें

सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज धर्मशाला में स्मार्ट सिटी व नगर निगम की समीक्षा बैठक की

विधानसभा सत्र विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज शिमला स्थित विधानसभा सचिवालय में मॉनसून सत्र की तैयारियों का जायजा लिया

विपिन परमार ने अधिकारियों को सभी तैयारियां जल्द पूरा करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बीच सत्र का आयोजन एक चुनौतिपूर्ण कार्य है लेकिन विधानसभा सचिवालय इसके लिए पूरी तरह सजग और सक्षम है विधानसभा अध्यक्ष ने मॉनसून सत्र को लेकर कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है

शिमला के एएसपी प्रवीर ठाक्र ने बताया कि पुलिस जवानों में सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए ये निर्णय लिया गया है उन्होंने कहा कि विधानसभा में प्रवेश करने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके

शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बोर्ड के अधिकारियों और विभिन्न विशेषज्ञों के साथ एक बैठक में बताया कि स्कूलों में अध्यापन दिवस बढ़ाए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो गोविंद ठाकुर ने कहा कि स्कूलों में शीतकालीन अवकाश और दूसरे शनिवार के अवकाश के दिन भी शिक्षण गतिविधियां चलाई जाएंगी उन्होंने बताया कि इन अध्यापन दिवसों के दौरान भी विद्यार्थियों को हर घर पाठशाला और अन्य ऑनलाईन माध्यमों से शिक्षण सामग्री दी जाएगी उन्होंने कहा कि परीक्षाओं की तैयारी के लिए बच्चों को अतिरिक्त समय देने के उदेश्य से शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों की परीक्षाएं अब एक साथ मार्च महीने के अंत में ली जाएंगी

भेंट प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश सोनी ने आज शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट कर उन्हें शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी

ओंकार शर्मा प्रधान सचिव कृषि ओंकार शर्मा ने अधिकारियों को स्थानीय फसलों के बीच उत्पादन के बारे में किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं शिमला में आज एक बैठक में उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अच्छी किस्म व प्रजाति के बीजों के उत्पादन को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि दूसरे राज्यों से बीज खरीदने की जरूरत न पड़े कोविड टैस्ट कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में भी अब कोरोना के टैस्ट होंगे कुल्लू के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुशील शर्मा ने बताया कि अभी आपातकालीन टैस्ट ही किए जाएंगे और इसके लिए अस्पताल में मशीन स्थापित की गई है

एनएसयूआई छात्र संगठन एनएसयूआई की प्रदेश इकाई ने कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार व विश्वविद्यालय प्रशासन से स्नातक स्तर के पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को अगली कक्षा में स्तरोन्नत करने की मांग की है